मध्यपुर उपचुनाव की सरगर्मी तेज झामुमो प्रत्याशी के रूप में मंत्री हफीजुल हसन ने किया नामांकन मुख्यमंत्री भी हुए शामिल कोडरमा जिले में ऑनर किलिंग के एक मामले में निचली अदालत ने चार अभियुक्तों को सुनायी फांसी की सजा

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 संसद का बजट अधिवेशन दोनों सदनों के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के साथ ही समय से पहले समाप्त हो गया बजट अधिवेशन का दूसरा चरण आठ मार्च को शुरू हुआ था और इसे आठ अप्रैल को समाप्त होना था

उन्होंने बताया कि अधिवेशन के दौरान उपरी सदन की कुल उत्पादकता नब्बे प्रतिशत रही श्री नायड् ने कोविड महामारी के दौरान सदन को सफलतापूर्वक चलाने में मदद और कोविड संबंधी नियमों के पालन के लिए सदस्यों का धन्यवाद किया सभापति ने देश में कोविड के बढते मामलों पर चिंता प्रकट की और लोगों से कोविड प्रोटोकाल का पालन करने और टीका लगवाने के लिए आगे आने का अनुरोध किया

मधुपुर उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेज हो गया है आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चो के प्रत्याशी हफीजुल हसन के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित किया श्री सोरेन ने उपस्थित लोगों से समर्थन की मांग की उन्होंने कहा कि यह सीट पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का विषय है और यह सीट जीतकर हम पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं

गिरिडीह जिला स्थित सरिया के पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी शशिभूषण वर्मा और वर्तमान अंचल अधिकारी सुनीता कुमारी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निलंबित कर दिया है मुख्यमंत्री ने दोनों ही अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है इन दोनों अधिकारियों पर नियमों का उल्लंघन कर सरकारी भूमि का नामांतरण करने का आरोप है कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य की अन्य जिलों की तरह हजारीबाग जिले में विशेष सतर्कता बरती जा रही है

देश के कुछ भागों में कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने के मद्देनजर राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों को जांच निगरानी और उपचार की प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने का अधिकार दिया गया है

कोविन व्यवस्था के तहत एक अप्रैल से शुरू हो रहे टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराकर समय लिया जा सकता है टीकाकरण केन्द्र पर भी पंजीकरण कराकर उसी दिन टीका लगवाया जा सकता है

अब टीका लगवाने वालों को दूसरे चरण का कोविशील्ड लगाने की तिथि अपनी सुविधानुसार चार से आठ सप्ताह के भीतर निर्धारित करने की पूरी स्वतंत्रता होगी टीका लगवाने के बाद पात्र व्यक्ति टीकाकरण प्रमाणपत्र की हार्ड कॉपी या डिजिटल कॉपी लेने का अनुरोध कर सकते हैं निजी अस्पतालों में टीकाकरण की फीस के साथ इसका शुल्क शामिल होगा

कोडरमा जिले में एक निचली अदालत ने ऑनर किलिंग के एक मामले में चार अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनायी है अतिरिक्त जिला न्यायाधीश वन रमाशंकर सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया बताया जाता है कि पच्चीस अगस्त दो हजार अठारह में जिले के चंदवारा थानाक्षेत्र के मदनगुंडी में एक बीस वर्षीय युवती की हत्या उसके परिजनों ने कर दी थी और साक्ष्य छुपाने की नीयत से शव को जलाने का प्रयास किया था इस मामले को लेकर कोडरमा न्यायालय में स्पीडी ट्रायल किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कल से शुरू हो रही बांग्लादेश यात्रा दोनों देशों के बीच विस्तृत कूटनीतिक भागीदारी को लागू करने की दिशा में विशेष महत्व रखती है प्रधानमंत्री की आधिकारिक यात्रा से पहले मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए विदेश सचिव हर्षवर्द्वन श्रृगंला ने कहा कि कोविड महामारी के बाद प्रधानमंत्री की बांग्लादेश की यात्रा यह दर्शाती है कि भारत बांग्लादेश को कितना महत्व देता है

केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि बाल कल्याण समितियों को ज्यादा ताकत दी जा रही है इससे बच्चों के बेहतर ढंग से संरक्षण में मदद मिलेगी श्रीमती ईरानी ने कहा कि देश के सात हजार से अधिक बाल संरक्षण गृहों का मुआयना किया गया इन बाल गृहों के ऑडिट में कुछ गंभीर कमियां पाई गई

इस स्थिति को देखते हुए यह संशोधन विधेयक लाया गया है हजारीबाग जिले के बहोरनपुर स्थित पुरातात्विक स्थल से चोरी गई भगवान बुद्ध की दोनों प्रतिमायें पुलिस ने बरामद कर ली है इस सिलसिले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है गौरतलब है कि ये दोनों प्रतिमायें जिले के सदर प्रखंड स्थित बहोरनपुर में खुदाई के बाद मिली थी

रांची के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की मेहनत अब राज्य में आनेवाली आपदा की घड़ी में इस्तेमाल होगी जिले के उपायुक्त छवि रंजन ने जिला प्रशासन की तरफ से आज एनडीआरएफ को चार हजार सोलर लैम्प सौंपे इस लैम्प का उपयोग आपदा की स्थितियों में एनडीआरएफ बटालियन द्वारा किया जाएगा जो सोलर लैम्प एनडीआरएफ को सौंपे गये हैं उसे ओरमांझी प्रखंड की स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाया गया है इस सोलर लैम्प का उत्पादन इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड के सीएसआर संपोर्ट के माध्यम से किया जा रहा है रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने आज जल जीवन मिशन के तहत किये जा रहे कार्यो की समीक्षा की इस दौरान उन्होंने अभियंताओं को योजनाओं के तहत किये जा रहे कार्य समय पर प्ररा करने का निर्देश दिया इसके अलावा भावी योजनाओं पर भी चर्चा हुई

यह संस्थान देश में बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए प्रमुख विकास वित्तीय संस्थान और विकास बैंक के रूप में कार्य करेगा